महोत्सव के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में भारत और विदेशों की विभिन्न भाषाओं की तीन सौ फिल्में दिखाई गई समापन समारोह में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को आई सी एफ टी यूनेस्को फेलिनी पदक प्रदान किया गया सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे तथा महोत्सव के निदेशक चैतन्य प्रसाद ने यह सम्मान ग्रहण किया महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ब्लेज हैरिसन की फिल्म पार्टिकल्स को मिला फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार से नवाजा गया श्रर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मलयालम फिल्म जलीकट्टू के लिए लिजो जोज पेलिसेरी को मिला मराठी फिल्म माई घाट के लिए उषा जाधव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया विशेष जूरी पुरस्कार पेमा तसेदेन की फिल्म बैलून को प्रदान किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिषेक शाह की फिल्म हेलारु को विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला आई सी एफ टी का यूनेस्को गांधी पदक रिकार्डो सालवेती द्वारा निर्देशित फिल्म रवांडा को दिया गया इस वर्ष के फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट पुरानी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ अगले वर्ष का फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा की जानी मानी हस्ती सत्यजित रे पर केंद्रित होगा

उन्होंने इस बैठक में हुए महत्वपूर्ण बातों को संबंद्व अधिकारी के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया दूसरी अरुणाचल साहित्यिक उत्सव आज समाप्त हुआ तीन दिवसीय चले इस साहित्यिक उत्सव को सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ईटानगर स्थित दोरजी खाण्डू कंवेंशन सेंटर में आयोजित किया उत्सव के दौरान किताब पढ़ना कविता पाठन पेंईटिंग प्रतियोगिता ट्राईबल भाषा के प्रसार प्रचार पर विचार विमर्श और प्रमुख लेखकों एवं नवोदित लेखकों के साथ विचार विमर्श किया गया और विभिन्न साहित्यिक गतिविधियां आयोजित किया गया इस दौरान विभिन्न शैली के किताबे भी प्रदर्शित की गई तीन दिन तक चले इस साहित्यिक उत्सव में कई किताबी प्रेमी और छात्रो ने भाग लिया अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने आज अरुणाचल वलंटियर ब्लड डोनर्स अर्गेनाइजेशन के साथ मिल कर ईटानगर में रक्तदान शिविर लगाया

इस शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान किया अपने संबोधन में श्री उपाध्याय ने रक्तदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इस तरह के रक्तदान शिविर नियमित अंतराल पर लगाए जाने चाहिए राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक त्रमे आमो ने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के अलावा सामाजिक कार्यों में भी योगदान दे रही है राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुं ने शिक्षण संस्थानों से फिट इंडिया मुवमेंट को प्रदेश के सभी हिस्सों में चलाने का आह्वान किया है आज दोनी पोलो विद्या भवन ईटानगर में ऑल अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ फिट रखना भी स्कूलों का दायित्व है श्री मामा नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है

ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आगामी तीस नवंबर और पहली दिसंबर को दोन्यी पोलो कल्वरल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड इंडीजिनस फेथ एण्ड कल्वरल सोसायटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिलकर इंडिजिनस फ़ेथ डे का आयोजन करेगें धर्मशाला के बौद्ध ग्रु अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट महा संघ के महासचिव मुख्य मंत्री पेमा खाण्डू सिक्किम मुख्य मंत्री और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे इसके मद्देनजर ईस्ट सियांग़ जिला प्रशासन ने जिले के कानून और व्यवस्था की समीक्षा की